प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की अपील की

युवाओं से भारत के समृद्ध इतिहास पर कम्प्यूटर गेम बनाने की अपील की

और प्रदेश भर में आज श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है मुहर्रम

आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि हर क्षेत्र में वृद्धि दर को तेज करना और देश का विकास आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है साउंड बाईट आत्मनिर्भर भारत अभियान में वर्चुअल गेम्स हों टॉय का सेक्टर हो सबने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और ये अवसर भी है जब आज से सौ वर्ष पहले असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी जी ने लिखा था कि असहयोग आन्दोलन देशवासियों में आत्मसम्मान और अपनी शक्ति का बोध कराने का एक प्रयास है आज जब हम देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है असहयोग आंदोलन के रूप में जो बीज बोया गया था उसे अब आत्मनिर्भर भारत के वट वृक्ष में परिवर्तित करना हम सब का दायित्व है श्री मोदी ने कहा कि नई पीढ़ी में नवाचार और समाधान के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की क्षमता है और हमें बेहतर कल के लिए इसका उपयोग करना होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने के शुरू में आत्मनिर्भर भारत ऐप नवाचार चुनौती में देशभर से युवाओं ने बहुत ही उत्साहपूर्वक भाग लिया इसमें लगभग सात हजार प्रविष्टियां प्राप्त हुई जिनमें से दो तिहाई ऐप दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों के युवाओं ने तैयार किए

आप इनके बारे में नेट पर सर्च करिए आपको बहुत जानकारी मिलेगी आप भी आगे आएं कुछ इन्नोवेट करें कुछ इम्पिलिमेंट करें आपके प्रयास आज के छोटे छोटे स्टार्ट अप्स कल बड़ी बड़ी कंपनियों में बदलेंगे और दुनिया में भारत की पहचान बनेंगे और आप ये मत भूलिये कि आज जो दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी कम्पनियाँ नजर आती हैं ना वे भी कभी स्टार्ट अप हुआ करती थीं प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए ऑनलाइन गेम और खिलौना क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं श्री मोदी ने युवाओं से स्टार्टअप कंपनियों से मिलकर काम करने और भारत को खिलौना उत्पादन के प्रमुख देश के रूप में स्थापित करने की अपील की साउंड बाईट भारत के कुछ क्षेत्र टॉय क्लस्टर्स यानी खिलौनों के केन्द्र के रूप में भी विकसित हो रहे हैं जैसे कर्नाटक के रामनगरम में चन्नापटना आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा में कोंडापल्ली तमिलनाडु में तंजौर असम में ध्रेबरी उत्तर प्रदेश का वाराणसी कई ऐसे स्थान हैं

लेकिन भारत का हिस्सा उसमें बहुत कम है

श्री मोदी ने गुरूदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर को भी याद किया जिन्होंने कहा था कि खिलौने ऐसे होने चाहिए जो बालमन में रचनात्मकता को बढ़ावा दें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों के जीवन पर खिलौनों के प्रभाव पर काफी ध्यान दिया गया है प्रधानमंत्री ने कोराना संकट के दौरान किसानों की भूमिका की सराहना की

मैं इसके लिए देश के किसानों को बधाई देता हूँ उनके परिश्रम को नमन करता हूँ प्रधानमंत्री ने सितंबर महीने में मनाये जाने वाले पोषण माह में आम लोगों से बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया

पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में देश में काफी प्रयास किए गये हैं खासकर हमारे गाँवों में इसे जनभागीदारी से जन आन्दोलन बनाया जा रहा है पोषण सप्ताह हो पोषण माह हो इनके माध्यम से ज्यादा से ज्यादा जागरूकता पैदा की जा रही है स्कूलों को जोड़ा गया है

श्री मोदी ने कहा कि भारतीय कृषि कोष का निर्माण किया जा रहा है जिससे प्रत्येक जिले की फसलों और उनके पोषण मूल्य की पूरी जानकारी मिल सकेगी श्री मोदी ने कहा कि ये समय उत्सव का है और कोरोना के संकट के बावजूद लोग पर्व और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर काम कर रहे हैं श्री मोदी ने पश्चिम चंपारण में थारू जनजाति द्वारा मनाये जाने वाले बरना की भी चर्चा की जिसमें लोग प्रकृति की रक्षा के लिये साठ घंटे घर से नहीं निकलते हैं

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चर्चा करते हुए कहा कि इससे देश में बडा बदलाव आएगा और इसका लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचाने में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी श्री मोदी ने कहा कि दो हजार बाईस में देश अपनी आजादी की पचहत्तरवीं वर्षगांठ मनाएगा इसलिए यह जरूरी है कि आज की पीढ़ी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों से परिचित रहे

गाईडलाइन के अनुसार इक्कीस सितंबर से सौ व्यक्तियों की सीमा के साथ सामाजिक शैक्षणिक खेल मनोरंजन सांस्कृतिक धार्मिक राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं की अनुमति दी जाएगी इक्कीस सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को भी खोलने की अनुमति होगी वहीं स्कूल कॉलेज और कोचिंग सेंटर तीस सितंबर तक बंद रहेंगे हालांकि कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित स्कूलों में नौवीं कक्षा से बारहवीं कक्षा तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिये स्वैच्छिक आधार पर स्कूल जाने की अनुमति होगी गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन छोड़कर राज्य सरकारे केंद्र से परामर्श लिये बगैर कोई स्थानीय लॉकडाउन नहीं करेगी प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के दो हजार अठहत्तर नये मामले सामने आये हैं संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख पैंतीस हजार तेरह हो गयी है आज सबसे अधिक दो सौ तिरपन मामले पटना जिले से सामने आये हैं मध्रबनी से एक सौ सोलह सहरसा से एक सौ बारह बेगूसराय से एक सौ दो अररिया से एक सौ एक और पूर्णिया से एक सौ मामले पॉजिटिव पाये गये हैं स्वास्थ्य विभाग की बुलेटिन के अनुसार पिछले चौबीस घंटे में दो हजार दो सौ इकतीस लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर एक लाख सत्रह हजार तीन सौ पांच हो गई है स्वस्थ होने की दर सतासी प्रतिशत है वहीं एक दिन में नौ लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर छह सौ अठासी हो गया है देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के रिकॉर्ड अठहत्तर हजार सात सौ इकसठ नये मामले दर्ज किये गये हैं यह एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है कोविड के पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर पैंतीस लाख बयालीस हजार सात सौ चौंतीस हो गई है वहीं एक दिन में पैंसठ हजार से अधिक लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई अब तक सत्ताईस लाख तेरह हजार नौ सौ तैंतीस रोगी स्वस्थ हो चुके हैं इसी अवधि में नौ सौ अड़तालीस लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर तिरसठ हजार नौ सौ अड़तालीस हो गया है देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर छिहत्तर दशमलव छह एक प्रतिशत है

जैसे राइटिंग रीडिंग क्रिएटिव आर्ट्स सच ऐज ड्राईंग पेंटिंग गार्डनिंग इस तरीके की चीजें दीस ऑल क्वालिफाई ऐज पॉजिटिव एडिक्शन म्यूजिक ये सब पॉजिटिव एडिक्शन है यह स्ट्रेस रिड्यूस करने में हमारा बहुत मदद करते हैं

प्रदेश में एक अगस्त से लेकर आज तक मास्क नहीं लगाने वाले लोगों से सत्तर लाख सतासी हजार रूपये से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गई है पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार लॉकडाउन के निमयों के उल्लंघन के मामले में एक सौ दस लोगों की गिरफ्तारी हुई है पचहत्तर प्राथमिकियां दर्ज की गई है और उन्नीस हजार पचासी वाहन भी जब्त किये गये हैं प्रदेश की प्रमुख नदियों के जलस्तर में गिरावट आने के साथ ही बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि एक ओर जहां बाढ़ के पानी का नये इलाकों में फैलना बंद हो गया है वहीं दूसरी ओर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से पानी उतरने लगा है लोग अब अपने घरों की और लौटने लगे हैं सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है यौम ए आशुरा यानी दसवीं मुहर्रम आज प्रदेश भर में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है यह दिन पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है जिन्होंने सत्य और न्याय के लिए कर्बला में अपने प्राणों का बलिदान दिया कोविड उन्नीस महामारी को देखते हुए इस वर्ष ताजिया जुलूस नहीं निकाले जा रहे हैं कर्बला के शहीदों की याद में मजलिस और धार्मिक सभाएं एहतियाती दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आयोजित हो रही हैं यौम ए आश्रा के मौके पर पटना सिटी में शाम ए गरीबां का आयोजन किया गया राज्यपाल फागू चौहान ने अपने संदेश में कहा है कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद कर देश में सद्भावना प्रेम भाईचार और शांति के विकास के लिये हम सभी संकल्पित हैं वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मौके पर प्रदेशवासियों से आपसी भाईचारा कायम रखते हुये एकता बनाये रखने की अपील की है विकासशील इंसान पार्टी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा है कि राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव से उनकी विधान सभा चूनाव के सीट बंटवारे को लेकर सकारात्मक बातचीत हुई है श्री सहनी ने कहा कि उनकी पार्टी को महागठबंधन में सम्मानजनक संख्या में सीट मिलने का भरोसा मिला है इधर महागठबंधन में शामिल वामदलों और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने भी कहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है भाजपा पंचायतीराज प्रकोष्ठ की एक दिवसीय प्रदेश कार्यसमिति की वर्चुअल बैठक आज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में संपन्न हुई बैठक को सम्बोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कार्यकर्ताओं से एनडीए सरकार द्वारा पंचायतों के विकास के लिये किये जा रहे कार्यों से लोगों को अवगत कराने की अपील की राजद नेता विजेंद्र यादव और उनके एक सहयोगी की हजारीबाग के पास सड़क द्र्घटना में मौत हो गई वे राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मिलने रांची जा रहे थे बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना मे पदस्थापित दारोगा अरूण सिन्हा को एक शराब माफिया से रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है रोहतास जिले के संझौली थाना क्षेत्र स्थित अमेठी गांव से पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है नालंदा जिले के रहुई थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की अपील की

युवाओं से भारत के समृद्ध इतिहास पर कम्प्यूटर गेम बनाने की अपील की

और प्रदेश भर में आज श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है मुहर्रम